रोगियों को स्मार्टफोन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अन्मति देने को कहा है कोविड रोगी वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अन्मति है लेकिन क्छ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं अंतरराष्ट्रीय यात्री स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से चौदह दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भ्गतान करना होगा सात दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे गर्भवती महिलाओं गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्य् की स्थिति में घर पर चौदह दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्त्रत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है कोरोना चमोली चमोली जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का बॉर्डर पर ही एन्टिजन टेस्ट और ड्र नेट मशीन से टेस्ट किया जा रहा है नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को सेनेटाइज्ड करने के साथ ही लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है

कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले में पर्यटन के क्षेत्र में बेरोजगार य्वाओं को रोजगार दिलाने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाएगी

जिलाधिकारी ने म्ख्य चिकित्साधिकारी को कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए सभी के सैम्पल लेने के निर्देश दिये उधर उत्तरकाशी के नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी पद संभाल लिया है

उन्होंने कहा कि जिले में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी इस बीच रंजना राजगुरु ने उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी का कार्यभार पिछले सप्ताह ग्रहण किया बरवाल मेला चम्पावत जिले के मां बाराही धाम देवीध्रा में होने वाला विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला इस बार कोरोना महामारी के वजह से सांकेतिक रुप से आयोजित किया गया कोरोना संक्रमण के कारण मेलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध को देखते हए जिला प्रशासन और मेला कमेटी ने यह फैसला किया था हालांकि मंदिर समिति ने पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की आज मुख्य पर्व में चार खाम सात तोक के वीरों ने मंदिर की परिक्रमा कर प्रतीकात्मक रस्म अदा की

आंगनबाड़ी वर्कर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रक्षा बन्धन के अवसर पर प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के खाते में एक एक हजार रूपए की सम्मान राशि दिये जाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण हम सामूहिक रूप से अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं ऐसे में भी हजारों आंगनबाड़ी और आशा वर्कर फ्रंट लाइन में रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रही हैं उन्होंने सभी आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के स्वास्थ्य की कामना की उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं की सुविधा के लिये उन्हें उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई रक्षाबंधन प्रदेश भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षा बंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है कोरोना महामारी के कारण इस बार त्योहार सादगी के साथ मनाया गया बहनों ने भाइयों के घर जाकर उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य की कामना की हालांकि दूरदराज रहने वाले कई भाई बहन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण एकद्सरे के घर नहीं जा सके आज सावन का सोमवार होने कारण मंदिरों में भी श्रद्धाल् नजर आये अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धाल्ओं ने पहंचकर दर्शन किये श्रावण मास की पूर्णिमा होने के कारण श्रद्धाल्ओं ने भगवान शिव की अराधना की मंदिर के आचार्य कैलाश चन्द्र भट्ट ने बताया कि यहां यग्योपवित उपाकर्म भी किये गए विश्व संस्कत दिवस आज विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि संस्कृत सुन्दर भाषा है जिसने कई वर्षो तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा उन्होंने सभी से अन्रोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को बधाई दी हैं उन्होंने कहा कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई थी उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर देशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संस्कृत दिवस की बधाई और श्भकामनाएं देते हुए कहा कि देववाणी संस्कृत भाषा राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली सरल और सरस है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है

पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं देहराद्न जिले में दो दिन से हो रही बारिश से डोईवाला सौंग और सुस्वा नदियां उफान पर हैं बरसाती बाढ़ से क्छ क्षेत्रों के प्स्तों को न्क़सान पहंचा है नदी के तेज बहाव से सड़क भी कट रही है वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कल बागेश्वर नैनीताल चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

इस दिन पूरे प्रदेश में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते भाजपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयों के साथ अपने घरों में दीपक जलाएंगे